प्रधानमंत्री ने वस्तु और सेवा कर को लागू करने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है जटिल मुददों पर टीम इंडिया की भावना परिलक्षित हुई है नीति आयोग की बैठक मे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा ले रहे है राज्यपाल योग राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि योग शरीर को रोगमुक्त रखने के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय है और योग से मन को शांति तथा मस्तिष्क को ताकत मिलती है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जन आंदोलन बनाकर इससे लोगों को जोड़ने और मानवता के बंधन को मजबूत करने का काम किया है कांग्रेस समिति मध्यप्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार एवं प्रसार समिति और नगरीय निकाय प्रकोष्ठ उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ नगरीय निकाय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और सामाजिक समिति का गठन किया है प्रचार एवं प्रसार समिति का चेयरमेन विवेक तन्खा को बनाया गया है उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी नरेन्द्र नाहटा को दी गयी है नगरीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रमुख सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया है मशाल यात्रा शहीदों की शहादत को याद करते हुए शिवपुरी में आज मशाल यात्रा निकाली गयी

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार चौबीस जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेगें श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं मन की बात कार्यक्रम का यह पैंतालीसवां संस्करण होगा मुख्यमंत्री वीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल की निगरानी के लिये जिला और राज्य स्तर पर टास्क फोर्स बनेंगे उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि जिला स्तरीय इकाइ में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे और सांसद विधायककलेक्टर नगर निगम महापौर सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने ग्राम सभा आयोजित करने और जागरुकता अभियान चलाने को कहा

बलिदान मेला वीरांगना लक्ष्मी बाई के ग्वालियर स्थित समाधी मेले पर आज से दो दिन का बलिदान मेला शुरू होगा मेले के पहले दिन आज शाम गायिका अनुराघा पौडवाल कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी इस अवसर पर आेंलपियन और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मेरीकॉम को वीरांगना सम्मान से अलंकृत किया जायेगा उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया उन्हें सम्मानित करेंगे इसके अंतर्गत उन्हें दो लाख रूपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा

कल यहां महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी के बाद निषेधाज्ञा लागू की गयी थी हमारे शाजापुर संवाददाता ने बताया है कि पुलिस और जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते आज हालात सामान्य रहे पुलिस ने देर रात दो दर्जन से अधिक लोगों पर नामजद प्रकरण दर्ज किये है

जिसकी विस्तृत रिपोर्ट कल केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सौपी गई